विभिन्न दल अपनी चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं

बैठक में प्रदेश प्रभारी मंगल पांडे प्रदेश चुनाव प्रभारी तीरथ सिंह रावत पार्टी अध्यक्ष सतपाल सत्ती मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल और सांसद भाग ले रहे हैं समझा जाता है कि बैठक में चारों लोकसभा संसदीय क्षेत्रों के प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा के अलावा चुनाव संबंधी रणनीति बनाई जाएगी इधर प्रदेश कांग्रेस पार्टी आज जनचेतना यात्रा शुरू कर रही है

आयोग प्रदेश के चारों लोकसभा क्षेत्रों में होने वाले चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने सभी प्रबंध कर लिए हैं

प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में ऐसे दो केन्द्र बनाए गए हैं

इस बार निर्वाचन आयोग की चुनाव संबंधी जानकारी और खर्च गतिविधियों पर सोशल मीडिया के माध्यम से पेनी नज़र रहेगी आयोग ने सी विजील नामक मोबाईल एप्प विकसित की है जिसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति फोटो या वीडियो बना कर चुनाव सम्बंधी शिकायत कर सकता है लोग इस एप्प को एंड्रॉयड फोन पर आसानी से अपलोड कर सकते हैं सबसे बड़े जिला कांगड़ा में हर घर में वोटर गाइड पुस्तिका वितरित की जाएगी जिसमें मतदान से संबंधित जानकारी मतदाताओं को दी जाएगी उपायुक्त संदीप कुमार ने धर्मशाला में बताया कि मतदाता सूचियों में नामांकन से दस दिन पहले तक नाम शामिल किए जा सकते हैं

अजय ठाकर भारतीय कबड्डी टीम के कप्तान अजय ठाकुर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल नई दिल्ली में पद्म श्री से नवाजा है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अजय ठाकुर को पद्मश्री मिलने पर बधाई दी है एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि उनकी इस उपलब्धि से हिमाचल गौरवान्वित हुआ है सांसद अनुराग ठाक्र ने अजय ठाक्र को बधाई देते हुए उन्हें सम्मान मिलने पर ख्शी जताई है उन्होंने उम्मीद जताई कि अजय ठाक्र के नेतृत्व में कबड्डी का खेल नई बुलंदियों तक पहंचेगा अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद प्रदेश के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के बयान को अमर उजाला ने शीर्षक दिया है हिमाचल में ढाई महीने तक नहीं हो सकेंगी नई नियुक्तियां पंजाब केसरी के मुताबिक प्रदेश में नई भर्तियों व रिजल्ट पर रोक दिव्य हिमाचल की सुर्खी है हिमाचल में अब नहीं कटेगा वोटर का नाम चुनाव घोषणा के साथ नाम हटाने की प्रक्रिया पर रोक

मौसम से जुड़ी खबर को भी अखबारों ने प्रमुखता दी है